कोविड से बचाव के लिये किये जा रहे हैं विशेष इंतजाम बिहार विधानसभा चूनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी

एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध बरकरार

और केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक पांच के दिशा निर्देश आज से प्रभावी

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव सम्पन्न कराने के लिये आयोग प्रतिबद्ध है श्री अरोड़ा आज पटना में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे मुख्य चूनाव आयुक्त ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी के कारण जीवन के सभी पहलुओं में परिवर्तन हुए हैं इसलिए राज्य विधानसभा के चुनाव भी नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत कराये जायेंगे श्री अरोड़ा ने बताया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाताओं को कोविड उन्नीस से जुड़े विभिन्न एहतियाती पहलुओं की जानकारी देने के निर्देश दिये गये हैं

उन्होंने बताया कि मध् महाजन और बालकृष्णन की दो विशेष पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति होगी

और ब्यौरा हमारे संवाददाता से साउंड बाईट इस बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा अंतिम एक घंटा कोविड रोगियों के लिए रखा गया है श्री अरोड़ा ने बताया कि कोविड के चलते इस बार संक्रमित मतदाताओं को डाक मतपत्रों के जरिये वोट डालने की अनुमति दी गयी है इसके अलावा अस्सी साल या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं दिव्यांग वोटरों और अनिवार्य सेवाओं जैसे रेलये दूरदर्शन आकाशवाणी समेत पंद्रह विमागों में कार्यरत कर्मियों को भी डाक मतपत्रों के जरिये वोट डालने की छूट रहेगी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोविड के चलते भीड़ प्रबंधन को लेकर इस बार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या डेढ़ हजार से घटाकर एक हजार कर दी गयी है राज्य में पोलिंग दृथ्य की संख्या पैसठ हजार से बढकर एक लाख छह हजार से अधिक हो गयी है उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनसमाओं और अन्य गतिविधियों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा श्री अरोड़ा ने कहा कि चुनाव के दौरान साम्प्रदायिक और जातीय हिंसा को सोशल मीडिया के माध्यम से उकसाने वाले लोगो पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी आकाशवाणी समाचार के लिये पटना से धर्मेन्द्र कुमार राय इससे पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग के पूर्ण दल ने आज बोध गया में तीन दिवसीय दौरे के अंतिम दिन विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की बैठक में बारह जिलों के जिलाधिकारी और पूलिस अधीक्षकों ने भाग लिया कल आयोग की टीम ने छब्बीस जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ पटना में समीक्षा बैठक की थी साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी आयोग की टीम की बैठक हुई थी और बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिये दलों से सुझाव लिये गये थे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है पहले चरण के लिये अठाईस अक्तूबर को मतदान होगा नामांकन भरने की अंतिम तिथि इस महीने की आठ तारीख है और नामांकन पत्रों की जांच नौ अक्तूबर को होगी बारह अक्तूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे इस चरण में गया नवादा औरंगाबाद जमुई रोहतास कैमूर पटना भागलपुर बांका मुंगेर लखीसराय शेखपुरा भोजपुर बक्सर अरवल और जहानाबाद जिले की इकहत्तर सीटों पर मतदान होगा इनमें से अधिकांश क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं कोविड उन्नीस के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पहली बार उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने का विकल्प दिया है नामांकन प्रक्रिया के दौरान भीड़ से बचने के लिए उम्मीदवार सहित केवल तीन व्यक्तियों को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है मास्क पहनना और कोविड उन्नीस के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है इधर अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आज औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से दो निर्दलीय प्रत्याशियों धीरेन्द्र कुमार सिंह और संजीव कुमार सिंह ने नामांकन पत्र भरा है विधान परिषद् की पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिये आज जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया वहीं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने नामांकन पत्र भरा इसी सीट से प्रोफेसर शशि कुमारी कृष्ण मुरारी मिश्र और डॉक्टर अभय नाथ सिंह ने भी नामांकन पर्चा भरा है वहीं तिरहुत स्नातक क्षेत्र से अनिल कुमार सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इधर दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सुरेश प्रसाद राय और सीपीआई एम से रामदेव राय ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है दोनों गठबंधन के प्रमुख दलों के बीच आज भी पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा लेकिन अंतिम रूप से कोई भी परिणाम सामने नहीं आ सका एनडीए के प्रमुख घटक भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक पटना प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे वहीं दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से भी इस सिलसिले में मुलाकात की है जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी अभी अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ललन सिंह और आरसीपी सिंह के साथ इस सिलसिले में बैठक कर रहे हैं वहीं महागठबंधन के घटक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमिटी की भी आज दिल्ली में बैठक हुई इधर पटना में भी राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात की है केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक पांच के दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो गये हैं ये निर्देश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे

मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा

दीपेन्द्र कुमार आकाशबाणी समाचार दिल्ली इधर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के अनलॉक पांच के प्रावधानों को लागू करने संबंधी आदेश निर्गत कर दिया है प्रदेश के विभिन्न जिलों से आज कोविड उन्नीस के एक हजार तीन सौ सत्तर नये मामले सामने आये हैं संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख चौरासी हजार दो सौ छिहत्तर हो गयी है आज सबसे अधिक दो सौ उनसठ मामले पटना से सामने आये हैं पूर्णिया से छियानवे पूर्वी चंपारण से अस्सी मुजफ्फरपुर से पैंतालीस और बेगूसराय से चौवालीस मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की प्रष्टि हुई है देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर तिरासी दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पचासी हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या बावन लाख तिहत्तर हजार से अधिक हो गई है वहीं इसी अवधि में कोरोना के छियासी हजार आठ सौ इक्कीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या तिरसठ लाख से अधिक हो गई है एक दिन में एक हजार एक सौ संतानवे लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढकर अंठानवे हजार छह सौ अठहत्तर हो गया है इस समय कोविड उन्नीस से मृत्यु दर एक दशमलव पांच छह प्रतिशत है दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना के लक्षण दिखने पर लोगों को तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेने और जांच करवाने की अपील की है उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए साउंड बाईट आप जानते है कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे लेकिन आपके स्वजन परिवार में आपके आस पड़ोस में जो हैं इनको आप इनके लिए एक डेन्जर्स करेंगे तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के सामने आए जब भी हमारे सिमटम्स जो कि ऑडियो विज़अल प्रिंट मीडिया में और समी माध्यम में हमें मालूम हो गया है कि जब ये आये तो हम स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचे हम बताए और इसका हम टैस्टिंग कराए और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है वो मानते हुए चले महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के सिलसिले में हमारी विशेष श्रृंखला बापू की बात में आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर गांधीजी के उस कथन के बारे में जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार देश को आगे बढने से रोकता है

केन्द्र सरकार ने आकलन वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष तीस नवंबर तक बढ़ा दी है आयकर विभाग ने कहा है कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने वालों के लिए नये नियम प्रकाशित किए हैं इनमें ऐसे नेक लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है इन नियमों के तहत इन नेक व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जायेगा और धर्म राष्ट्रीयता जाति या महिला तथा पुरूष के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इन्हें अपना नाम पहचान पता और अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए विवश नहीं कर सकता केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के बारे प्रचारित किये जा रहे उस प्रपत्र को फर्जी बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि बेटियों को दो दो लाख रूपये दिए जाएंगे पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि इस प्रकार के किसी प्रपत्र का प्रचार अवैध है और इस योजना के तहत किसी प्रकार की कोई नकद सहायता नहीं दी जा रही है पूर्व मध्य रेलवे कल बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिये स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वापसी में यह ट्रेन चार अक्टूबर को दिल्ली से खुलेगी कैमूर जिले के रामगढ़ में पुलिस ने इकतालीस किलो चांदी के साथ चार लोगों को हिरासत में लिया है बाद में हिरासत में लिये गये सभी लोगों को पीआर बांड पर छोड़ दिया गया प्रलिस मामले की जांच कर रही है वैशाली जिले के गंगाब्रिज थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से पच्चीस लाख रूपये मूल्य की शराब बरामद की है मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है

कोविड से बचाव के लिये किये जा रहे हैं विशेष इंतजाम बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी

एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध बरकरार

और केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक पांच के दिशा निर्देश आज से प्रभावी